् गुर्जर नेताओं और मंत्रिमंडलीय उपसमिति के बीच बातचीत जारी कुछ बिन्दुओं पर बनी सहमति ् केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दस क्षेत्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन पीएलआई देने का फैसला किया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

मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

चार नगर निगमों में कांग्रेस के उप महापौर चुने गये वहीं दो नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी के उप महापौर बने हैं जयपुर ग्रेटर में भाजपा के पुनीत कर्नावट निर्विरोध निर्वाचित हुए जयपुर हेरिटेज से कांग्रेस के असलम फारूकी उप महापौर चुनाव में विजयी हुए जोधपुर उत्तर नगर निगम में भाजपा के सुदेश जोशी का नामांकन खारिज होने से कांग्रेस के अब्दुल करीम जॉनी को निर्विरोध उप महापौर निर्वाचित घोषित किया गया जोधपुर दक्षिण में भाजपा के किशन लड्ढा उप महापौर बने हैं उधर कोटा उत्तर नगर निगम में कांग्रेस के सोनू कुरैशी उप महापौर निर्वाचित हुए कोटा दक्षिण में उप महापौर का चुनाव रोचक रहा जहां भाजपा के योगेन्द्र खींची तथा कांग्रेस के पवन मीणा को बराबर मत मिले जिसके बाद लॉटरी डालकर पवन मीणा को विजयी घोषित किया गया

सरकार की ओर से मंत्रिमंडलीय उपसमिति ऊर्जा मंत्री डॉ बीडी कल्ला की अध्यक्षता में बनाई गई जिसमें मंत्री डॉ सुभाष गर्ग और टीकाराम जुली भी शामिल हैं गूर्जर प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला कर रहे हैं सरकार और गुर्जरों के बीच कुछ बिंदुओं पर सहमति बन गई है लेकिन बैकलॉग और प्रक्रियाधीन भर्तियों को लेकर गतिरोध बना हुआ है इस वार्ता से पहले आज सचिवालय में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक भी हई उधर भरतपुर के पीलूपुरा में गुर्जरों का आंदोलन आज भी जारी रहा जिसके कारण कई ट्रेनों को बदले हुए मार्ग से चलाना पड़ा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इस बारे में निर्णय लिया

इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि पानी एक दुर्लभ प्राकृतिक संसाधन है जो जीवन का आधार होने के साथ साथ खाद्य सुरक्षा और सतत विकास के लिए आवश्यक है श्री नायडू ने ट्वीट संदेशों में कहा कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस सीमित कीमती संसाधन को बचाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं उन्होंने बेस्ट स्टेट अवार्ड के लिए तमिलनाडु को शुभकामनाएं दीं महाराष्ट्र को दूसरा और राजस्थान को तीसरा पुरस्कार मिला है

इसके तहत सामान की खरीदारी कर उसे इंस्टाग्राम ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया पर टैग करने पर जोर दिया गया है मंत्रालय के मुताबिक लोकल फॉर दीवाली से न केवल शिल्पकारों के जीवन में समुद्धि आएगी बल्कि हमारी समुद्ध विरासत और संस्कृति का भी प्रदर्शन होगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की लोकल फॉर दीवाली की अपील के बाद राज्य में भी स्थानीय लोगों का कामकाज फिर से चलने लगा है

श्रोताओं इसी सिलसिले में आकाशवाणी समाचार जयपुर की भी अपील है कि आप दीपावली मनाने के लिए स्थानीय कारीगरों और हस्तशिल्पियों से ही पूजा सामग्री उपहार और अन्य सामान की खरीददारी करें

उन्होंने कहा है कि पटाखों पर रोक धर्म या पर्व को देखते हुए नहीं बल्कि प्रदेशवासियों की सेहत को देखते हुए लगाई गई है उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चुनौतीपूर्ण समय में प्रदेशवासियों के जीवन की रक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और इसमें सभी का सहयोग आवश्यक है इस बीच प्रदेश में दीवाली की रौनक बाज़ारों में दिखने लगी है लोग मास्क लगाकर सावधानी बरतते हुए खरीददारी के लिए बाज़ारों में आने लगे हैं जयपुर में दुकानदारों ने प्रवेश से पहले खरीददारों के हाथ सेनोटाइज करने की व्यवस्था की है

उधर अजमेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में पिछले एक सप्ताह से कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है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

मौसम विभाग के अनुसार आज अधिकतम तापमान में दो से चार डिग्री सैल्सियस तक की गिरावट हुई है इससे दिन में भी सर्दी का अहसास शुरू हो गया है